कई जिलों से भी हटाई गई निषेधाज्ञा

आकर्षक रोशनी से सजाये गये गुरुद्वारे

गुरूवार से खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच के लिये तैयारियां जोरों पर महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई में सरकार बनना लगभग तय माना जा रहा है शिवसेना के वरिष्ठ नेता राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात के लिए राजभवन पहंच चुके हैं इससे पहले दिन भर चली बैठकों के बाद कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना को समर्थन देने का फैसला किया है हालांकि कांग्रेस सरकार में शामिल होगी या नहीं इसका निर्णय पार्टी बाद में करेगी

उसने चुनाव शिवसेना के साथ गठबंधन में लड़ा था लेकिन परिणामों के बाद शिवसेना ने ढाई ढाई साल मुख्यमंत्री पद साझा करने की मांग की जिसे भाजपा ने ठकरा दिया हालांकि सबसे बड़े दल होने के नाते राज्यपाल ने पहले भाजपा को सरकार बनाने को न्यौता दिया था लेकिन पार्टी के द्वारा मना करने पर राज्यपाल ने शिवसेना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया वहीं आज एक और घटनाक्रम में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में शामिल शिवसेना के इकलौतै मंत्री अरविन्द सावंत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया राज्य सामान्य स्थिति अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अब प्रदेश में जनजीवन सामान्य हो गया है आज राज्य में शैक्षणिक संस्थान खुले वहीं बाजारों में भी रौनक लौट आई है

हालांकि कई जिलों में निषेधाज्ञा अभी भी प्रभावी है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्य सचिव एसआर मोहंती और पुलिस महानिदेशक वीके सिंह के साथ चर्चा के बाद यह निर्णय लिया

साथ ही जनजीवन सामान्य होने के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था के तहत सुरक्षाबल पूरे प्रदेश में मुस्तैदी से तैनात रहेंगे खंडवा देवास और पन्ना जिलों में इंटरनेट सेवा भी बहाल कर दी गई है विदिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि चार दिन में तीसरी बार आज जिला मुख्यालय पर सुरक्षाबलों द्वारा फ्लेगमार्च किया गया उधर डिण्डौरी में कलेक्टर बी कार्तिकेन ने कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया है

एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से मन की बात की लिए अपने विचार भेजने का आग्रह किया है

पीएम आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत दूसरे चरण में आगरमालवा के लिये डेढ़ हजार से अधिक आवास स्वीकृत हुए है

राजधानी भोपाल के हमीदिया रोड स्थित नानकसर गुरुद्वारा में कीर्तन दरबार सजेगा और रागी जत्थे के विद्वान गुरुओं के शौर्यगाथाओं का वर्णन करेंगे गुरुग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेकने के साथ ही अरदास की जाएगी इस दौरान गुरुद्वारे को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है उधर जबलपुर में सिख समाज द्वारा प्रकाश पर्व भव्य तरीके से मनाने की तैयारियॉ की जा रहीं हैं यहां लंगरों के आयोजन किये गये हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रकाशपर्व की बधाई देते हए कहा है कि ग्रुनानक देव जी ने भारत को जागृत किया उन्होंने कल सभी सरकारी भवनों को रोशनी से सजाने के निर्देश दिये हैं खण्डवा और बड़वानी में भी प्रकाशपर्व की तैयारियां अंतिम चरण में हैं

कल से इनका अभ्यास सत्र शुरू होगा मैच के अंपायर कल पिच का निरीक्षण करेंगे

मैच के दौरान बारिश की संभावना को देखते हुए मैदान को ढंकने के लिये ब्रिटेन से विशेष कवर बुलाये गये हैं साथ ही सुपर सॉपर मशीनो की व्यवस्था भी की गई है इनकी सहायता से बारिश के बाद दो घंटे में ही मैदान को खेलने योग्य बनाया जा सकेगा